जेटली निधन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का कल नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा

श्री जेटली का आज अखिल भारतीय आर्यविज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया था

श्री जेटली कैंसर से पीड़ित थे श्री जेटली के वित्तमंत्री रहते हुए नोटबंदी जीएसटी जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लागू हुए

श्री कोविंद ने कहा कि उन्होंने विद्वान अधिवक्ता कुशल सांसद और मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने श्री जेटली के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अरुण जेटली विराट राजनेता उच्च कोटि के विद्वान और विशिष्ट विधिवेत्ता थे वे शानदार नेता थे जिन्होंने भारत के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया प्रधानमंत्री ने श्री जेटली की पत्नी और पुत्र से बात करके अपनी संवेदना प्रकट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी शोक प्रकट किया है श्री शाह ने कहा कि उन्होंने न केवल एक वरिष्ठ पार्टी नेता खोया है बल्कि एक पारिवारिक सदस्य को भी खो दिया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वे अपने मित्र अरूण जेटली के निधन पर स्तब्ध हैं कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने श्री जेटली के निधन पर दुःख जताया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह राजनीतिक क्षेत्र की एक अपूर्णिय क्षति है भाजपा कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं ने भी श्री जेटली के निधन पर दूःख जताया है पीएम दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड की शुरूआत की मध्य एशिया में इस सुविधा को शुरू करने वाला संयुक्त अरब अमारात पहला देश हो गया है इसके बाद श्री मोदी को एक विशेष समारोह में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ज़ायद से सम्मानित किया गया

इस दौरान दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन की यात्रा पर बहरीन पहुंचें वे बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह तीसरी कड़ी है यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन और न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा हिंदी में तुरन्त प्रसारित होने के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा जिसे शाम आठ बजे दोबारा सुना जा सकता है

बारिश भोपाल होशंगाबाद सागर शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है भारी बारिश की वजह से भोपाल नागपुर सड़क मार्ग बन्द हो गया है

जिससे नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा इधर भोपाल में भदभदा और कलियासोत डेम के गेट आज सुबह फिर खोले गये रायसेन में भी भारी बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है इससे विदिशा से सड़क सम्पर्क ट्रट गया है वहीं निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है उधर खंडवा जिले में स्थित इंद्रासागर और ऑकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है

दमोह के बटियागढ़ में बाढ़ का पानी पुल पर आ गया जिससे कुछ पशु बह गये राजगढ़ में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

बैडमिंटन पीवी सिंध् स्विट्जरलैंड के बासेल में खेले जा रहे वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गईं हैं

वे लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचीं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

उन्होंने बताया कि मिशन संचालक द्वारा इस बारे में सूचना जारी कर दी गई है

इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा

जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने श्री गौर को श्रद्धांजलि अर्पित की

इन कंपनियों ने जमीन पर कब्जे के बावजूद इकाईयां स्थापित नहीं की थी

इसमें प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे शामिल हुए